और धार्मिक श्रद्वा के माहौल में मनाया जा रहा है मकर संक्रांति का त्योहार

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

इस खेप में एक हजार एक सौ बावन वायल वैक्सीन कल पटना पहुंचा इससे पूर्व वैक्सीन की लगभग पचपन हजार वायल राज्य को मिली थी पटना के एनएमसीएच स्थित मुख्य भंडारण केन्द्र से जिलों को वैक्सीन की खुराकें भेजी जा रही हैं इधर सोलह जनवरी से शुरू हो रहे कोविड टीकाकरण के लिए राज्य में अब तक चार लाख उनहत्तर हजार स्वास्थ्यकर्मियों का पंजीयन हो चुका है इन सभी स्वास्थ्यकर्मियों ने कोविन पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया है लाभार्थियों को वैक्सीनेशन से पहले अपने मोबाईल संख्या को आधार से लिंक कराने की सलाह दी गयी है ताकि उस नम्बर पर ओटीपी और क्यूआर कोड आ सके इसी क्यूआर कोड से वैक्सीनेशन के बाद प्रमाण पत्र मिलेगा राज्य स्वास्थ्य समिति के अनुसार आज प्रदेश के सभी तीन सौ टीकाकरण केन्द्रों पर लाभार्थियों की सूची भेज दी जायेगी आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की डॉक्टर रूपाली मलिक ने कोविड वैक्सीन से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर दिए उन्होंने इसकी खुराक और उसे लेने के अंतराल के बारे में बताया

मुख्य सचिव दीपक कुमार ने पत्रकारों से बातचीत में यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि इस संबंध में पच्चीस जनवरी को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक होगी जिसमें अंतिम फैसला होगा गौरतलब है कि राज्य में कॉलेज के साथ साथ उच्च माध्यमिक और माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा नौ से बारहवीं तक की पढ़ाई चार जनवरी से शुरू हो गयी है सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्र और राज्य सरकारों को इकतीस जनवरी तक आंगनबाड़ी केन्द्रों को खोलने पर अंतिम फैसला लेने का आदेश दिया है एक याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने यह आदेश सुनाया प्रदेश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर बढ़कर संतानवे दशमलव नौ एक प्रतिशत हो गई है एक दिन में तीन सौ इक्यानवें मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई जिससे स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर दो लाख बाबन हजार दो सौ उनचास हो गई है वहीं इसी अवधि में दो सौ चौरानवे नये मामलों की भी पुष्टि हुई जिससे कुल संक्रमितों का आंकड़ा दो लाख सत्तावन हजार छह सौ उनतीस हो गया है एक दिन में दो लोगों की मौत के साथ ही राज्य में इस वैश्विक महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर एक हजार चार सौ पैंतालीस हो गई है राज्य में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या तीन हजार नौ सौ चौंतीस है कोरोना टीकाकरण अभियान को देखते हुए केन्द्र सरकार ने सत्रह जनवरी से शुरू होने वाले पल्स पोलियो अभियान को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है यह अभियान सत्रह जनवरी से शुरू होकर उन्नीस जनवरी तक चलना था उच्च न्यायालय ने कहा है कि जो शिक्षक अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच नहीं करवायेंगे उनका फरवरी महीने से वेतन रोक दिया जायेगा मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायामूर्ति अनिल कुमार सिन्हा की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश सुनाया न्यायालय ने निगरानी जांच ब्यूरो से दो सप्ताह के भीतर शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच की अद्यतन रिपोर्ट सौंपने का भी निर्देश दिया सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि अब तक की जांच में एक हजार दो सौ पचहत्तर प्रमाण पत्र फर्जी पाये गये हैं और चार सौ नवासी प्राथमिकियां दर्ज करायी जा च्रकी हैं मामले की अगली सुनवाई अठाईस जनवरी को होगी गौरतलब है कि निगरानी जांच ब्यूरो वर्ष दो हजार छह से दो हजार पन्द्रह के बीच नियोजित साढ़े तीन लाख से अधिक शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों के प्रमाण पत्रों की जांच कर रहा है ब्यूरो को एक लाख तीन हजार नौ सौ सत्रह शिक्षकों के शैक्षणिक और प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण पत्र के फोल्डर नहीं मिले हैं धार्मिक श्रद्वा के माहौल में आज मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा है इस अवसर पर सुबह से ही श्रद्धालु गंगा सहित अन्य पवित्र नदियों और सरोवरों में स्नान कर रहे हैं हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि श्रद्वालु पवित्र स्नान के बाद पूजा पाठ कर दान पुण्य कर रहे हैं प्रशासन ने घाटों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये हैं किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तैनाती की गयी है पटना में एहतियात के तौर पर गंगा नदी में नावों का परिचालन आज और कल बंद कर दिया गया है धार्मिक मान्यता के अनुसार सूर्य आज धन् राशि से मकर राशि में प्रवेश करते ही उत्तरायण हो जायेंगे साथ ही आज से खरमास भी समाप्त हो जायेगा और मांगलिक कार्य शुरू हो जायेंगे कोरोना को देखते हुए इस बार श्रद्धालुओं को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गयी है लोगों से मास्क पहनने और दो गज की दूरी के नियमों का अनुपालन करने को कहा गया है कोविड के कारण इस बार राजनीतिक दलों की ओर से दही चूड़ा भोज का आयोजन नहीं हो रहा है मकर संक्रांति के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रदेश के राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं सर्द पछुआ हवा के कारण पिछले अड़तालीस घंटों के दौरान प्रदेश भर के न्यूनतम तापमान में सात से दस डिग्री सेल्सियस तक की कमी आयी है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के अनुसार हवा की रफ्तार अठारह से बीस किलोमीटर प्रति घंटे है जिस कारण लोगों को धूप निकलने के बाद भी गलन का एहसास हो रहा है मौसम पूर्वानूमान में कहा गया है अगले दो से तीन दिनों तक मौसम के रूख में कोई परिवर्तन नहीं होगा बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने प्रदेश के एक हजार पांच सौ ग्यारह प्राथमिक कृषि साख समिति पैक्स के विभिन्न पदों के लिए च्रनाव कार्यक्रमों की घोषणा कर दी है ये सभी पैक्स सैंतीस जिलों के हैं शेखपुरा में चुनाव नहीं हो रहे हैं प्राधिकार के मुख्य चुनाव पदाधिकारी गिरीश शंकर ने बताया कि पन्द्रह फरवरी को मतदान होगा तीस जनवरी से नामांकन पत्र भरे जायेंगे नामांकन की अंतिम तिथि तीन फरवरी निर्धारित है नामांकन पत्रों की जांच चार फरवरी तक होगी छह फरवरी तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं मतों की गिनती पन्द्रह फरवरी को ही मतदान प्रक्रिया की समाप्ति के बाद होगी कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार एक बूथ पर सात सौ की जगह मात्र चार सौ पचास वोटर होंगे राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने स्पष्ट किया है कि चुनाव में अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष जैसे एकल पदों पर आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं होगी नालंदा जिले के बहुचर्चित राजगीर सामूहिक द्वष्कर्म कांड के सभी सात दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनायी गयी है जिले की विशेष पॉक्सो अदालत ने पन्द्रह महीने प्राने इस मामले में दोषियों को पांच पांच हजार रूपये जुर्माने की राशि भी जमा करने का निर्देश दिया है साथ ही अदालत ने पीड़िता को दस लाख रूपये मुआवजा देने का भी सरकार को आदेश दिया इस मामले में दो दोषियों को आईटी एक्ट के तहत तीन तीन वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनायी गयी है वहीं भागलपुर जिले की पॉक्सो अदालत ने आठ साल की बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दोषी धर्मेन्द्र कुमार को बीस साल कारावास की सजा सुनायी है इधर गया जिले की एक अदालत ने अप्राकृतिक यौनाचार के मामले में दोषी ठहराये गये बोधगया के एक मॉनेस्ट्री संचालक को दस साल कारावास की सजा सुनायी है दूसरी तरफ बक्सर की एक अदालत ने चर्चित राजेन्द्र केशरी हत्याकांड में दोषी ठहराये गये ओंकारनाथ सिंह को उम्र कैद की सजा सुनायी पूर्व मध्य रेलवे ने अनारक्षित ट्रेनों के लिए मासिक सीजन टिकट जारी करने का फैसला किया है दानापुर रेल मंडल के वरीय मंडल वाणिज्य प्रबंधक आधार राज ने यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि कल से आरा बिक्रमगंज होते हुए पटना भभुआ रोड के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन शुरू होगा गुरू गोविंद सिंह जी महाराज के तीन सौ चौवनवें प्रकाश पर्व देखते हुए सोलह जनवरी से पटना साहिब रेलवे स्टेशन पर चौदह जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का ठहराव दिया गया है दानापुर रेल मंडल के डीआरएम सुनील कुमार ने यह जानकारी दी केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने से केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षासीटीईटी का प्रवेश पत्र जारी कर दिया है अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट से एडमिड कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं परीक्षा का आयोजन इकतीस जनवरी को होना है परीक्षा के लिए राज्य के सोलह जिलों में केन्द्र बनाये गये हैं पटना में मंगलवार को इंडिगो के मैनेजर रूपेश कुमार सिंह की हत्या के मामले में एसआईटी ने तीन लोगों को हिरासत में लिया है इधर पटना सहित छपरा और गोपालगंज में भी एसआईटी की टीम हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है मधुबनी जिले के हरलाखी में एक दिव्यांग छात्रा से दुष्कर्म और उसकी आंख फोड़ने के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है भागलपुर के कहलगांव के अंचलाधिकारी के आवास में घुसकर सरकारी दस्तावेजों से छेड़छाड़ करने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है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 हिन्दुस्तान ने पटना के रूपेश सिंह हत्याकांड पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को प्रमुखता देते हुए लिखा है हत्यारों को जल्द गिरफ्तार कर स्पीडी ट्रायल करायें दैनिक भास्कर ने लिखा है किसान संगठनों और केन्द्र के बीच कल होने वाली बैठक पर संशय के बादल दैनिक जागरण लिखता है फर्जी शिक्षकों के मामले में सरकार को पटना हाईकोर्ट की अंतिम मोहलत प्रभात खबर ने लिखा है सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने तेरासी तेजस लड़ाकू विमान खरीदने को मंजूरी दी दैनिक आज की सुर्खी है बिहार पहुंची वैक्सीन की दूसरी खेप राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है पोलिया टीकाकारण कार्यक्रम स्थगित और अब अंत में मुख्य समाचार बिहार को कोविड वैक्सीन की दूसरी खेप मिली

और धार्मिक श्रद्वा के माहौल में मनाया जा रहा है मकर संक्रांति का त्योहार